मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अटल टनल रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की इस मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इस सुरंग से लाहौल स्पीति ज़िला के लिए वर्षभर यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि सामरिक दृष्टि से भी ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी

इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा और इस दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में शिक्षक समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है शिमला में आज प्रदेश विश्वविद्यालय की वार्षिक कोर्ट मीटिंग में उन्होंने शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के प्रारूप का अध्ययन करने की सलाह दी और कहा कि इसमें विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के संदर्म में उपयोगी जानकारी दी गई है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वैश्विक स्पर्धा के इस दौर में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा और समग्र विकास के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है उन्होंने विश्वविद्यालय की खेल गतिविधियों में योग और फिट इंडिया अभियान को शामिल करने पर भी जोर दिया राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के वार्षिक शैक्षणिक कैलेन्डर और द्वि भाषीय न्यूज लैटर हिम शिखर का विमोचन भी किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने शिक्षकों का आहवान किया है कि वे बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास करें वे आज मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हियूण पैहड़ के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनका सही मार्ग दर्शन किया जाना चाहिए

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के धर्मपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज एक कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने में सफल रहे हैं

इस अवसर पर एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप और औद्योगिक प्रशिक्षण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल भ्रष्टाचार मुक्त विकास का रहा है शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस मात्र विरोध के लिए ही सरकार की नीतियों की आलोचना कर रही है उन्होंने कांग्रेस को नीति विहीन पार्टी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने पिछले दो कार्यकाल के विकास का लेखा जोखा जनता के सामने रखे

ये सभी उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अधिकारियों को नाहन मैडिकल कॉलेज भवन निर्माण के कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी माह से इस भवन के निर्माण कार्य में तेज़ी लाई जाएगी परमार प्रदेश में आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र की रोड़ा पंचायत में आज आयूर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में ये बात कही

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सोलन में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास पर बल दे रही है और इस दिशा में कई सार्थक कदम उठाए गए हैं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है

उन्होंने कहा कि नाबार्ड और सरकार के बीच मजबूत साझेदारी से राज्य को अत्याधिक लाभ मिला है इस मौके पर बैंक के मुख्य महाप्रबंधक निलय कपूर ने कहा कि प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को लामान्वित करने के लिए किसान उत्पादक संगठन गठित किए गए हैं

बधाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बधाई दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि क्रिसमस का यह त्यौहार प्रभु यीशु मसीह के विश्व बंधुत्व के संदेश का स्मरण दिलाता है और हमें आपसी सद्भावना से जीवन जीने की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि क्रिसमस के अवसर पर समाज में एकता और भाईचारे के अलावा आपसी प्रेम और करूणा की भावना प्रबल होगी